चौथा बिम्सटेक सम्मेलन आज नेपाल की राजधानी काठमांड् में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी सात सदस्य देशों के नेताओं ने बिम्सटेक को संस्थागत व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से चलाने के महत्व पर जोर दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने काठमांडू घोषणा पत्र का मसौदा पेश किया जिसे सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी बिम्सटेक नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है उन्होंने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आतंकवादी आतंकी संगठन और उनके नेटवर्क पर निशाने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देने वित्तीय मदद और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों देशों और गैर सरकारी संस्थाओं की भी पहचान करनी चाहिए विम्सटेक नेताओं ने दो हजार तीस तक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सतत् विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्वता भी व्यक्त की है उन्होंने बिम्सटेक गरीबी उन्मूलन कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच बिम्सटेक प्रिड स्थापित करने के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं श्रीलंका बिम्स्टेक संगठन का अब नया अध्यक्ष है नेपाल के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना को बिम्सटेक की अध्यक्षता साँपी सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सवेरे थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री प्रयूथ चान ओचा से मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथ्रा के वृदावन में तीन सौ करोड़ रूपये की पैंतीस परियोजनाओं का लोकार्पण और रिालान्यास किया मुख्यमंत्री ने वृदावन में चार सौ एकड़ भ्रमि पर एशिया के सबसे बड़े पार्क को विकसित करने का ऐलान भी किया इसके साथ ही केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और मुख्यमंत्री ने वृंदावन में विधवा और निराश्रति महिलाओं के लिए आश्रय गृह कृष्ण कुटीर का उद्घाटन किया श्रीमती गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे अपने राज्य में निराश्रित महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय केन्द्र बनाने के लिए पहल करें जिससे उनकी सही ढंग से निगरानी की जा सके प्रदेश भर में कल से विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जायेगा जिसके तहत अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और महिलाओं के साथ दिव्यांगों को चिन्हित कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने का विशेष अभियान चलाया जायेगा

उन्होंने बताया कि नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी दो हजार उन्नीस को किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गति को तेज करते हुए निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र हासिल करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में बिल्डरों द्वारा अवैध कालोनियों के निर्माण करने और लोगों को आवास देने का प्रलोभन देकर पैसा हड़पने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग की दो हजार सत्रह में हुई संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पहली नजर में पूरी परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी नजर आ रही है न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग में कथित परीक्षा घोटाले के कारण लोगों को इसका लाम उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्ट के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है प्रदेश में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा वह्ओं को सम्मानित किया गया प्रतापगढ़ जिले में जिलाधिकारी शम्मू कुमार ने आशा सम्मेलन की शुरूआत की जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली इक्यावन आशा बहुओं को सम्मानित किया बागपत में आयोजित आशा सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अट्ठारह आशा बहुओं को भी सम्मानित किया गया